केन्द्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये मंत्रिमण्डल ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस विधेयक में देश के हितों का ध्यान रखा गया है और इसे जल्द से जल्द संसद में पेश किया जाएगा मंत्रिमण्डल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व को आरक्षण देने वाली व्यवस्था को दस वर्ष के लिए और बढ़ाए जाने को भी मंजूरी दी है

यह विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश किया जाएगा

कंवर ने कहा कि सभी पंचायतों को इस राशि को तय समय सीमा के भीतर खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं उन्होंने कहा कि ऐसा न करने वाली पंचायतों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाक्र ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र मनाली में लोगों की समस्याएं सुनी उन्होंने जनप्रतिनिधियों और भाजपा मंडल के अधिकारियों के साथ क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गोविंद ठाकुर ने इस मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके उन्होंने मनाली में क्रेब प्रोडक्शन के रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया तथा कहा कि इस तरह के साहसिक कार्यक्रम एक अनुठी पहल है इससे जहां युवाओं को अभिनय करने का अवसर मिलता है वहीं पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का भी संदेश मिलता है

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि विभागों के आपसी तालमेल से जहां आम जनता को शीघ्र लाभ मिलता है वहीं समय और संसाधन की भी बचत होती है बिंदल आज नाहन में अंतरविभागीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि अंतरविभागीय तालमेल से जहां कार्यो की गुणवत्ता में सुधार आएगा वहीं विकास कार्यो का समयबद्व निपटारा भी सुनिश्चित होगा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए कठिनाईयों का सामना न करना पड़े विधानसभा अध्यक्ष ने वन विभाग के अधिकारियों को केन्द्र से शीघ्र अनुमति लेकर जल शक्ति मिशन के तहत होने वाले कार्यों में तेज़ी लाने के निर्देश दिए किशन कपूर कांगडा संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद किशन कपूर ने आज लोकसभा में वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी के पठानकोट में ठहराव का मुद्दा उठाया किशन कपूर ने कहा कि यदि इस रेलगाड़ी का पठानकोट का ठहराव किया जाता है तो इससे हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा अभी यह रेलगाड़ी दिल्ली के बाद अंबाला लुधियाना और फिर सीधे जम्मू रूकती है विरोध प्रदर्शन हैदारबाद में महिला चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म व हत्या मामले के विरोध में प्रदेश महिला कांग्रेस और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया प्रदर्शनकारी इस घटना के आरोपियों को तुरन्त कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है ऐसे में अपराधियों को तुरंत सजा दिलाने के लिए न्यायिक प्रकिया में तत्काल सुधार की जरूरत है जनवादी महिला समिति की प्रदेश सचिव फालमा चौहान ने इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ना चिन्तनीय है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि गुरू गोरखनाथ पीठ युवाओं के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

उन्होंने कहा कि गोरखनाथ पीठ ने क्षेत्र में जागरूकता और ज्ञान फैलाने के साथ साथ राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने तथा सामाजिक दायित्व में अहम भूमिका निभाई है मुख्यमंत्री ने कहा कि सप्ताह भर चलने वाला ये आयोजन विद्यार्थियों को अपने इतिहास से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है साथ ही वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अनुशासन की महता पर भी बल देता है जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिमाचल आने का निमंत्रण भी दिया अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में स्कूली बच्चों को घटिया वर्दी व बैग देने पर चिंता जताई है अग्निहोत्री ने सरकार से मांग की है कि इस मामले में तुरन्त उचित कार्रवाई की जाए अन्यथा माना जाएगा इसमें सरकार की मिली भगत है उन्होंने सरकार से इस मामले पर जबाब देने को भी कहा अग्निहोत्री ने कहा कि वह विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस मामले को जोरशोर से उठाएंगे रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने देश में इंटरनेट यूजर के डाटा के एकत्रीकरण बाहरी देश के बजाय भारत में ही करने की केंद्र सरकार से मांग की है ताकि यूजर की गोपनीयता को बचाया जा सके रामस्वरूप शर्मा ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान ये मामला उठाया उन्होने कहा कि देश में शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना से इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या में भारी वृद्वि हुई है लेकिन इसके साथ ही कुछ नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है इनमें यूजर डाटा की गोपनीयता सबसे बड़ी चुनौती है रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि देश में ही डाटा सेंटर स्थापित होने से जहा आर्थिक लाभ होगा वहीं नई नौकरियां भी सृजित होंगी डीसी शिमला उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने कहा है कि जिले में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए समी विभागों में समन्वय जरूरी है ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके अमित कश्यप आज ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक बैठक संबोधित कर रहे थे उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को बायो मेडिकल वेस्ट के निष्पादन के लिए सुरक्षित प्रबंधन पर जोर दिया ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ न हो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की वे अपने अपने क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन के लिए प्रभावी कदम उठाएं ताकि लोगों को स्वच्छता का महत्व समक्ष आ सके दुर्घटना कुल्लू ज़िला की मणिकर्ण घाटी के रसकोट मोड़ के पास बीती रात एक कार के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए दुर्घटना के समय वाहन में सवार लोग एक शादी समारोह से वापिस घर आ रहे थे मृतक की पहचान मेघराज के रूप में हुई है इधर शिमला जिला का कोटगढ़ क्षेत्र में आज एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक व्यक्ति की मौत और एक अन्य घायल हो गया मृतक की पहचान नरेन्द्र ठाकुर के रूप में हुई है वस्त्र बैंक चंबा जिला प्रशासन ने गरीब व जरूरतमंद लोगों को सर्दियों के दौरान गर्म कपड़े उपलब्ध करवाने के लिए एक पहल की है इसके तहत एसडीएम कार्यालय चंबा में एक वस्त्र बैंक खोला गया है एस डीएम शिवम प्रताप सिंह ने कहा कि इस वस्त्र बैंक में आकर कोई भी व्यक्ति गर्म कपड़े छोड़ सकता है